इसके तहत सांसदों का तीस फीसदी वेतन एक साल के लिए कम होगा

साथ ही सांसदों के दो वर्ष के सांसद निधि को भी स्थगित किया जाएगा यह धनराशि कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी राज्यपाल समीक्षा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि रेडक्रास को कोरोना वायरस संबंधी जागरूकता कार्यक्रम लॉकडाउन में लोगों तक भोजन राशन का वितरण और अन्य आवश्यक स्वयंसेवा के कार्यो में सक्रिय भूमिका निभानी होगी राजभवन में कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित रेडक्रास कार्यो की समीक्षा में राज्यपाल ने रेडक्रॉस संस्था को जनपद वार स्वयंसेवकों की सुची जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने हरिद्वार चंपावत रूद्रप्रयाग और नैनीताल में रेडक्रास इकाई को और सक्रियता के साथ काम करने के निर्देश दिये राज्यपाल ने कहा कि कोरोना वायरस संकट से उबरने के लिये गरीबों महिलाओं किसानों के लिए केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं स्वीकृत की गई है उनकी अद्यतन रिपोर्ट जिलाधिकारी राजभवन को उपलब्ध करायेंगे

उन्होंने इस आशय का पत्र और बैंक ड्राफ़्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित किया है इसी के साथ राज्यपाल सचिवालय के सभी कार्मिकों ने भी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है

उधर अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भी कोरोना का पहला मामला सामने आया है

उसको अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में स्थित कोरोना चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगों की पहचान की गई है

मास्क निर्माण टिहरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मददेनजर मास्क निर्माण का कार्य किया जा रहा है देवप्रयाग जाखणीधार नरेंद्रनगर भिलंगना विकासखंड में विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह को मास्क के निर्माण कार्य में लगाया गया है

नौ बजे नौ मिनट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर प्रदेशभर में कल रात नौ बजे नौ मिनट तक लोगों ने घरों में दिये और मोमबतियां जलाई म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने आवास में दीप प्रकाशित किए म्ख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना वायरस से संघर्ष में पूरे देश ने जिस संयम और एकजुटता का परिचय दिया है वह प्रेरणादायक है

फसल कटाई उधमसिंह नगर जिला प्रशासन ने रबी फसलों की कटाई को देखते हुए किसानों को आवश्यक श्रमिकों और मशीनों के आवागमन के लिए शर्तो पर आधारित पास जारी करना शुरू कर दिया है राज्य का मुख्य बीज उत्पादन क्षेत्र होने के कारण जिलेभर के बीज विधायन संयंत्र मालिकों को भी जरूरी कार्यों के लिए कृषि विभाग ने पास जारी करना शुरू कर दिया है ताकि बीजों की गुणवत्ता पर असर न पड़े मुख्य कृषि अधिकारी डॉ अभय सक्सेना ने बताया जिले के लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इस समय गेहं की फसल तैयार है फसल की कटाई समय से सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर ई पास जारी किये जा रहे हैं कटाई और अन्य कृषि कार्यो के दौरान किसान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखेंगे किसान अखिलेश चतुर्वेदी और कंबाइन मालिक हरजिंदर सिंह ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है

हरिदवार में सड़कों पर घूम रहे हाथियों के कई वीडियो सामने आने के बाद से वन महकम सतर्क हो गया है विभाग ने अलग अलग कमेटियां बनाकर गश्त तेज कर दी है शहीद जम्म कश्मीर के कृपवाड़ा में घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ में उत्तराखंड के दो जवान शहीद हो गए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शहीदों को नमन किया और ईश्वर से उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शहीद देवेंद्र सिंह और अमित कुमार की शहादत को नमन करते हए उनकी आत्मा की शांति की कामना की शहीद अमित कुमार पौड़ी जिले के कोला गांव के रहने वाले थे और वो पैरा कमाण्डो के जवान थे

शहीद अमित का शव कल पौड़ी पहंचेगा शहीद की अंत्येष्टि उनके पैतक घाट ज्वाल्पा देवी घाट में की जाएगी मुख्यमंत्री भी उनकी अंतयेष्टि में शामिल होंगे वहीं शहीद देवेंद्र सिंह रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे महावीर जयंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी बधाई दी है